वे कल तवांग में आयोजित होने वाले ग्यारहवें मैत्री दिवस में भाग लेंगे और शुक्रवार को श्री सिंह ईस्ट सियांग जिला स्थित सिस्सेड़ी नदी पर बने पुल का उद्घाटन करेंगे इसके मद्देनजर ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने सिस्सेड़ी से होकर जाने वाले पासीघाट रोईंग सड़क मार्ग को शुक्रवार की सुबह सात बजे से दोपहर के तीन बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया है ट्रॉवल एडवाईसरी में मेडिकल एंब्रलेंस के अलावा किसी भी तरह के वाहन के आवाजाही पर रोक लगाया गया है और लोगों से अन्य सड़क मार्ग अपनाने को कहा गया है शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने जानकारी दी कि तीन से बारह दिसंबर को ईस्ट सियांग जिले में पहली राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा श्री तेदिर ने आशा जताई की यह पहल युवा पीढ़ी को पारंपरिक खेलों को चुनने और उसमें अच्छा प्रदर्शन करने तथा बढ़ावा देने में प्रोत्साहित करेगा वे कल पासीघाट में विभिन्न हितधारको के एक बैठक को संबोधित कर रहे थे छात्रों के सर्वांगीन विकास के लिए खेलों के महत्व पर बल देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देकर समग्र शिक्षा पर बल दे रहा है उन्होंने कहा कि खो खो खेल मानसिक फुर्ति और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देते है और इसे बच्चों सहित हर उम्र के लोग खेल सकते है केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अमित खड़े ने राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रुप में आकाशवाणी की भूमिका की सराहना की ऑल इंडिया रेडियों नई दिल्ली में कल सार्वजनिक सेवा प्रसारक दिवस के अवसर पर उन्होंने एयर जम्मू और शिमला द्वारा तैयार किए गए रेडियों कार्यक्रमों के लिए दो आकाशवाणी लोक प्रसारण पुरस्कार कि घोषणा की इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के महानिदेशक एफ शहरयार अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति और कलाकार शामिल हुए स्कूली विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी से प्रेरित एक फिल्म का गीत बंदे में था दम प्रस्तुत किया भारतीय चिकित्सा संगठन के अरुणाचल इकाई और ट्रीम्स के जिला एन सी डी क्लिनिक मधुमेह दिवस के अवसर पर चौदह नवंबर को मधुमेह पर जागरुकता फैलाने के लिए साईकिल अभियान आयोजित करेंगे नाहरलगुन स्थित ट्रीम्स और आर के मिशन अस्पताल ईटानगर में इस दिवस के तहत मधुमेह और डाईबेटिक रेटिनॉपेथी स्क्रिनिंग मुफ्त में किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश रुरल बैंक किसानों को कृषि बागवानी और पशुपालन के लिए आसान ऋण मुहैया कराता है बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय पासीघाट में क्षेत्रीय क़षि मेले के दौरान किसानों को क़षि और इससे संबंधित क्षेत्रों में ऋण स़ुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई अरुणाचल रुरल बैंक जे एन कॉलेज शाखा की प्रबंधक मिताली डे ने बताया कि किसानों को फसल बीमा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारणों से फसलों को नुकसान पहुंचने पर उन्हें सहायता मिल सके अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति ने आज राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत ईटानगर में बेरोजगारी नागरिकता संसोधन विधेयक सहित कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नाबम तुकी ने कहा कि देशभर में बढ़ती हुई बेरोजगारी चिंता का विषय है और केंद्र सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए श्री तुकी ने कहा कि नागरिकता संसोधन विधेयक को लेकर अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर राज्य के मूल निवासियों में स्थानीय हितों को लेकर आशंका है और इसे ध्यान में रखने हुए केंद्र सरकार को इस विधेयक को पेश नही करना चाहिए भारतीय मसाला बोर्ड अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्य के किसानों को बड़ी ईलायची अदरक काली मिर्च हल्दी सहित जलवायू परिस्थितियों के अनुसार अन्य मसाला फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कनवेंशन सेंटर में आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में मसाला की खेती पर शोध और विकास पर आयोजित कार्यशाला में देश के कृषि विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रस्तुत किए

अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि देश के प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों को विकास के लिए स्वस्थ और खुशनुमा माहौल प्रदान करना चाहिए श्री मिश्रा ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को छह से चौदह वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर मुहैया कराना मौलिक कर्तव्य है राज्यपाल ने कहा है कि बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा के अवसर प्रदान कर और उनमें अच्छे नागरिक बना सकते है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 आज का अधिकतम तापमान इकतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया